इस कार्यकम के माध्यम से युवा पीढ़ी व अभिभावकों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई जायेगी सोलन के दून में आयोजित होनें वालें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे सिरमौर के पच्छाद में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंन्द्र सिंह ठाक्र चंबा के भटियात में शहरी विकास व आवास मंत्री सरवीण चौधरी व लाहौल स्पिति में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्यायें सुनेंगे मंडी के करसोग में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू जिला के मनाली विकास खंड की बराण में वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाक्र हमीरपुर जिला के धंगोटा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल जनमंच कार्यक्षता करेंगे किन्नौर जिला के काफनू में पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह कांगड़ा जिला के फतेहप्र में उना के हरोली में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जबकि बिलासपुर के घुमारवी में रमेश धवाला कार्यक्षम की अध्यक्षता करेंगें वहीं शिमला जिले के मशोबरा के कोटी में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे सांसद रामस्वरूप शर्मा को प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक चुनाव अधिकारी व राजीव भारद्वाज को प्रदेश सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है ये नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने की है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा सेवाओं के एकल पुरूष कर्मियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश सीसीएल का लाभ मिलेगा और रक्षा सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों को इसमें कुछ और छूट दी गई है रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग असैनिक अधिकारियों को यह सुविधा देने के हाल के आदेश के अनुरूप की गई है अभी सीसीएल रक्षा सेनाओं की महिला अधकारियों को ही मिलती है हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच आज विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका रेल में बाबा भलकु की स्मृति में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन करेगा

उन्होंने कहा कि ये गोष्ठी बाबा भलकु की स्मृति और सम्मान को समर्पित होगी बाबा भलकु चायल के समीप झाझा गांव के रहने वाले थे और उनकी सलाह तथा सहयोग से ही अंग्रेज़ शिमला कालका रेल लाइन का निर्माण करने में सफल हो पाए थे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं हालांकि मंडी व कुल्लू जिलों में बीती रात बारिश होने का समाचार है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है आईजीएमसी में कल पहली बार होगा किडनी ट्रांसप्लांट एम्स और आईजीएमसी के डॉक्टरों की टीम ने पूरा दिन किया मंथन मंडी और शिमला के दो मरीजों के होंगे ऑपरेशन शिमला रखेगा प्रदेश के शहरों पर नजर शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है सीसीटीवी से ऑनलाईन जाना जा सकेगा शहरों का हाल

डीसी एसडीएम के तबादलों पर रोक शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने बॉटम में लिखा है चुनाव आयोग के आदेश इस साल इलेक्शन से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग न करें हिमाचल सरकार दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार एपीएमसीएक्ट में बदलाव करेगी हिमाचल सरकार पंजाब केसरी लिखता है खोज निकाले गए चूड़धार में लापता हुए पांचों श्रद्वालु वहीं आपका फैसला के शब्द हैं सिरमौर की चूड़धार यात्रा में लापता हुए सभी पर्यटक किए रेसक्यू हिमाचल दस्तक के मुताबिक कांग्रेस सरकार में बांटी गई वाशिंग मशीनों की जांच खुली अखबार की एक अन्य खबर है कमाने वाले आरटीओ बैरियर ही खाली मौसम पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है तीन दिन भारी बारिश को तैयार रहे हिमाचल